मण्डी ज़िले में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के शिवाबदार में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्व है वीरभद्र सिंह दूसरी ओर कांग्रेस के स्टार प्रचारक व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार पवन काजल के पक्ष में आज चम्बा में चुनाव प्रचार किया उन्होंने चम्बा में हुए रोड शो में भाग लिया और साहो सहित चुराह क्षेत्र के पुखरी में चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित किया चम्बा में पत्रकार वार्ता में वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में चम्बा ज़िला विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा है इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि राज्य में कांग्रेस एकजुट है और वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है अनुराग ठाकुर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाक्र ने प्रवासी हिमाचलियों से संसदीय चुनावों में बढ़ चढ़ कर मताधिकार के प्रयोग का आहवान किया है नई दिल्ली में प्रवासी हिमाचलियों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मताधिकार का उपयोग करना और अच्छी सरकार चुनना सभी का परम कर्तव्य है अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकास किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा ये जागरूक मतदाता ही तय करते हैं कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है एक बयान में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा को सत्ता का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है और कांग्रेस चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने मज़बूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं जबकि भाजपा को हार के डर से कांगड़ा और शिमला में उम्मीदवार बदलने पड़े हैं बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सफल संचालन के लिए गठित कमेटियों की आज केलंग में बैठक हुई सहायक निर्वाचन अधिकारी अमर नेगी ने कमेटियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करने को कहा उन्होंने सभी से आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए और सोशल मीडिया पर अधिकारियों और कर्मचारियों को राजनीतिक टिप्पणी न करने की सलाह भी दी

समस्या किन्नौर जिले के कृन्नू चारंग क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी से स्थानीय लोग परेशान हैं पंचायत प्रधान पूर्ण सिंह नेगी ने बताया कि क्षेत्र में संचार की कोई व्यवस्था नहीं है और विद्युत आपूर्ति की भी समस्या बनी रहती है उन्होंने कहा कि इलाके में सड़कों की हालत भी दयनीय बनी हुई है उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय लोग चुनावों में महज़ वोट देने तक ही सीमित रह गए हैं और सरकार उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है

अब्धाबी में विशेष ओलंपिक खेलों में भारत के लिए रजत व कांस्य पदक जीतने वाले सदस्य इस साइकिल रैली का शुभारम्भ करेंगे रैली के दौरान शिमला ज़िला प्रशासन के सहयोग से लोकतंत्र की मज़बूती के लिए लोगों को मतदान के प्रति भी जागरूक किया जाएगा

इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं निकालने के साथ साथ प्रार्थना सभाएं भी आयोजित की गईं प्रदेश में भी महावीर जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई और जैन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना में लोगों ने भाग लिया मौसम प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हुए ताजा हिमपात व अन्य भागों में वर्षा से तापमान में भारी गिरावट आई है बीते चौबीस घंटों में लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू और चम्बा ज़िलों की चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी का समाचार है लाहौल घाटी में इस बर्फबारी से बिजाई का कार्य प्रभावित हुआ है जिससे किसान परेशान हैं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के निचले इलाकों में हई वर्षा से अधिकतम तापमान में कमी आई है

मैदानी इलाकों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है